हरियाणा के मुख्यमंत्री कल हिसार हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत नियमित घरेल् उड़ानों का शभारंभ करेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम को अंतरिम राहत के लिए उपय्क्त अदालत में जाने को कहा है

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मूल ऋण की अदायगी करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस नवम्बर करने की घोषणा की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक हरियाणा भुमि सुधार एवं विकास बैंक के ऋणी किसानों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खाते इन बैंको दवारा एनपीए घोषित किये गये थे और किसान अपने ऋणों को न्या नहीं करवा पर रहे थे इस घोषणा के बाद वे अपनी फसलों के ऋण खातों का चक्र बदलवा सकेंगे और किसानों को सि र्फ अपनी मूल ऋण राशि ही जमा करानी होगी मूख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक कृषि एवं सहकारी समितियों पैक्स के लगभग तेरह लाख किसानों ने ऋण ले रखे है जिनमें से सवा आठ लाख किसानों के खाते में एनपीए हो चुके है उन्होंने बताया कि पैक्स के फस्ली ऋणों की चार प्रतिशत ब्याज दर राज्य सरकार वहन करती है और और तीन प्रतिशत नाबार्ड वहन करता है स्वास्थ्य खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि चार हजार सात सौ पचास करोड़ रूपये के फसली ऋणों पर जुर्माना व ब्याज राशि माफी की घोष्णा से प्रदेश के लगभग दस लाख किसानों को सीधा लाभ पहंचेगा उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में हर वर्ग के उत्थान के लिए जहां ऐतिहासिक कदम उठा कर नया हरियाणा बनाने मे पहल की गई है उसी कड़ी में इस राहत से किसानों में भारी उत्साह और मुख्यमंत्री की इस घोषणा की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि हिसार हवाई अड्डे से कल नियमित उड़ान आरंभ हो जायेगी और इसे जल्द ही अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जायेगा तथा यहां पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी श्रू होगा मुख्यमंत्री ने आज महन विधानसभा क्षेत्र में जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर सम्बोधन पर सम्बोधन में महम के विकास का जिक्र करते हुये कहा कि यहां नैशनल हाइवे पर बाईपास बनाया गया है रोहतक महम हांसी रेल लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार ने पैसा जारी कर दिया है अब जल्दी ही यह रेलवे लाइन बन कर तैयार हो जायेगी

उन्होंने होडल में करीब सवा तीन करोड़ रूपये लागत के सती सरोवर जीर्णोद्वार कार्य का शिलान्यास भी किया अपने सम्बोधन में श्री गूर्जर ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का चंहमखी विकास हआ है

सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिंदबरम से कहा है कि वो अंतरिम स्रक्षा के लिए उपयुकत अदालत में जायें शीर्ष अदालत ने ये आदेश भी किये कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जायेगा और यदि सम्बधित अदालत उनकी जमानत याचिका को खारिज कर देती है तो उन्हें सीबीआई में हिरासत ब्रहस्पतिवार तक बढ़ा दी जायेगी अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो गैर जमानती वारंट को च्नौती देने वाली चिंदबरम की याचिका तथा ट्रायल कोर्ट के रिमांड आर्डरस पर अपना जवाब दाखिल करे

इससे किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा

लैंडर विक्रम अपने आरबिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन में एक बजकर पन्द्रह मिनट पर आरबिटर से लैंडर को अलग करने का काम तेज़ी से पूरा किया यह कार्य बैंगलूर मे इसरो के मिशन कंट्रोल केन्द्र में इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रिमोट से क्छ मिली सेकेंड में ही पूरा किया इस चरण के बाद अब वैज्ञानिकों को पूरा ध्यान लैंडर मोडयूल को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्व पर उतारने पर रहेगा लैंडर विक्रम का नाम भारतीय अंतरिक्ष के जन डा विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है

उड़ान के बाद वाय्सेना प्रमख धनोआ ने कहा कि अभिनदंन के साथ उड़ान भरना उनके लिए गर्व की बात थी वायु सेना प्रमुख के सेवानिवृत होने से पहले लड़ाकू विमान उड़ाने का उनका यह अंतिम अवसर था

इसी तरह सरकार ने सभी जिलों में नव एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं के लिए सभी अतिरिक्त जिला जिला उपाय्क्तों को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा मुख्य परियोजना अधिकारी के रूप में नामित किया है भारतीय स्टेट बैंक ने शहरी क्षेत्रों में मिलकर बैकिंग योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहंचाने के लिए करनाल में मॉडल कंट्रोल कार्यालय का शुभारंभ किया है जहां से रोहतक पानीपत सहित अस्सी शाखाओं का नियंत्रण होगा आज करनान में इस नये भवन का उदघाटन् करते हये स्टेट बैंक के म्ख्य महाप्रबंधक राणा आश्तोश क्मार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था के सिंह सपन को पुरा करने के लिए हमे ग्रामीण क्षेत्रों मे बैकिंग व्यवस्था को मजबूत करना होगा उन्हें कृषि व्यापार और घरेलू कार्यो के लिए ऋण स्विधा का फायदा उसी तर्ज पर देना होगा जैसे शहरों में दिया जा रहा है मुख्य महाप्रबंधक ने ब्रांच में फिट इंडिया मूवमेंट को गति देने हेतु कर्मचारियों के जिम का भी शुभारंभ किया हरियाणा पुलिस के सिपाही बलजीत व मोहनी ने हाल ही में चीन में संपन्न हए विश्व पुलिस और फायर गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करते हए एक गोल्ड व दो सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश व प्लिस महकमें का नाम रोशन किया है